मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि पूजन से पहले तैयारियों का जायजा लिया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दिन में ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह सड़सठवीं कड़ी होगी इसे आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा यह कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्लुडब्लुडब्लु डॉट न्यूजऑन एआईआर डॉट कॉम और न्यूजऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी दूरदर्शन प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी यह कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी से हिंदी में इस कार्यक्रम के प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा क्षेत्रीय भाषाओं में इसे शाम आठ बजे से फिर से सुना जा सकता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आत्मनिर्मर स्व निधि योजना के क्रियान्वयन की कल समीक्षा की समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई कि योजना के तहत अब तक दो लाख साठ हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें से चौंसठ हजार से अधिक को मंजूरी दे दी गई है और पांच हजार पांच सौ से अधिक के लिए वित्तीय मदद जारी कर दी गई है प्रधानमंत्री ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए योजना के तहत मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के जरिए निधि आवंटन की व्यवस्था पर प्रसन्नता व्यक्त की प्रधानमंत्री ने कहा कि रेहड़ी पटरी वालों को वित्तीय मदद पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से होनी चाहिए यह मदद उन्हें कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पाद और उनकी बिक्री से जुड़ी सभी गतिविधियों के लिए मिलनी चाहिए सरकार ने प्रधानमंत्री स्व निधि योजना के तहत करीब पचास लाख रेहड़ी पटरी वालों के लिए अपना कारोबार फिर से शुरू करने के लिए दस हजार रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है यह ऋण एक वर्ष के लिए दिया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या में श्रीराम जन्म भूमि परिसर में विराजमान रामलला स्थल पर भव्य राम मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा लिया और श्रीराम जन्मभूमि क्षेत्र तीर्थ ट्रस्ट के पदाधिकारियों और साधु संतों से मुलाकात की उन्होंने राम जन्म भूमि स्थल पर पूजा अर्चना की और रामलला सहित भरत शत्र्घ्न और लक्ष्मण जी को नये आसन पर विराजमान कराया मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक हनुमानगढ़ी के भी दर्शन किये और न्यास कार्यशाला पहुंचकर मंदिर के लिये तराशे गये पत्थरों का अवलोकन किया श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मुख्यमंत्री को मंदिर निर्माण के बारे में विस्तार से जानकारी दी इसके बाद मुख्यमंत्री ने कारसेवकपुरम् में संत और धर्माचार्यो के साथ साथ मंदिर आन्दोलन से जुड़े शीर्ष लोगों के साथ एक बैठक की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चार और पांच अगस्त को संत महंत अपने मंदिरों में और अयोध्यावासी अपने घरों में दीपक जलायें मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिये पांच अगस्त को होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम के ऐतिहासिक पल का स्वागत नगरवासी दीपोत्सव से करें उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण भूमि पूजन समारोह में सभी लोगों की भागीदारी संभव नहीं है ऐसे में लोग अपने घरों और मंदिरों में बैठकर भगवान श्रीराम की आराधना करें उन्होंने कहा कि अयोध्या नगरी को विश्व पर्यटन के मानचित्र पर आकर्षण का केन्द्र बनाने के लिये उसे भव्य और दिव्य रूप में सुजित किया जायेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में साप्ताहिक बन्दी के दौरान संचालित किये जा रहे विशेष स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कोविड नाइन्टीन तथा संचारी रोगों के नियंत्रण के लिये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन के साथ साथ रसायनों का छिड़काव तथा फॉगिंग का कार्य कराने को भी कहा है राज्य में प्रत्येक शनिवार और रविवार को पूर्णबन्दी की घोषणा की गई है इस दौरान आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य समी गतिविधियों पर रोक है

प्रदेश सरकार कोविड नाइन्टीन संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए हरसम्मव उपाय कर रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक स्तर पर जांच क्षमता को लगातार बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने राज्य में रैपिड एंटीजन विधि से कोविड नमूनों की जांच संख्या को बढ़ाकर प्रतिदिन एक लाख करने की आवश्यकता बताई मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे

उन्होंने मुख्य सविव राजेन्द्र तिवारी और अपर मुख्य सविव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद को कानपुर झांसी प्रयागराज और मिर्जापुर मंडलों में स्वास्थ्य सुविधाओं की मौके पर जाकर समीक्षा करने के भी निर्देश दिए

एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड संक्रमण से बत्तीस हजार से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं इसके साथ ही संक्रमण से अब तक कूल आठ लाख उन्चास हजार से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं और स्वस्थ होने की दर तिरसठ दशमलव पांच चार प्रतिशत हो गई है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड संक्रमित लोगों की तुलना में ठीक होने वाले लोगों की संख्या तीन लाख तिरानबे हजार से अधिक हो चुकी है मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत के मामले लगातार कम हो रहे हैं और इस समय ये दो दशमलव तीन पांच प्रतिशत पर आ गए हैं जो दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सबसे कम है कोविड नाइन्टीन महामारी को देखते हुए केन्द्र ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए अतिरिक्त चालीस हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं ग्रामीण विकास और पंचायतीराज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने एक कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी उन्होंने राज्यों से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ग्राम पंचायतों को मिलने वाले धन का इस्तेमाल पूरी तरह से गांवों के विकास के लिए हो श्री तोमर ने कहा कि सरकार ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर ध्यान दे रही है उन्होंने कहा कि सरकार ने स्व रोजगार आवास की उपलब्यता सड़कें बनाने और सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क का विस्तार कर के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर सुजित करने की बह्आयामी नीति बनाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में गोरखपुर और बस्ती मण्डल में कोविड नाइन्टीन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रतिदिन पांच सौ से एक हजार रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जायें मुख्यमंत्री ने दोनों मण्डलो में स्वच्छता सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का कार्य नियमित रूप से संचालित करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या को लगातार बढ़ाया जाए केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि सरकार उर्वरक क्षेत्र में कारोबार को आसान बनाने के हरसंभव उपाय कर रही है इसका उद्देश्य इस क्षेत्र को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना है उन्होंने बताया कि उर्वरक विभाग ने किसानों के लिए खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का नया संस्करण पिछले साल जुलाई में लागू कर दिया था उन्होंने कहा कि देशभर में उर्वरकों की आपूर्ति का नेटवर्क बढ़ाने के लिए परिवहन के अतिरिक्त माध्यम के रूप में तटीय नौवहन को बढ़ावा दिया गया है